पटना उच्च न्यायलय ने मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों में चौदह प्राचार्यो को बहाल करने का आदेश दिया है वर्ष दो हजार आठ में इन प्राचार्यों की बहाली की गयी थी मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन परिषद् ने वर्ष दो हजार तेईस को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि इन दिनों रोम में चल रही परिषद् की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई श्री सिंह ने कहा कि इससे इन पोषक अनाजों को फिर से आहार में शामिल करने के प्रति जागरुकता पैदा की जा सकेगी मोटे अनाजों में ज्वार बाजरा और रागी तथा अन्य अनाज शामिल हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आज से प्रदेश भर में पांच सौ इकहत्तर केन्द्र पर शुरू हो रही है परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है पहली पाली सुबह साढ़े नौ बजे से ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट तक जबकि दूसरी पाली दोपहर दो बजे से सवा चार बजे तक होगी परीक्षा में अभ्यर्थियों की हाजरी बायोमिट्रीक आधार पर दर्ज की जायेगी आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर जूता मोजा घड़ी पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी इसके साथ ही पेन पेंसिल मोबाइल फोन समेत अन्य किसी भी उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं होगी आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को तीन प्रस्तक अपने साथ ले जाने की अनुमति है पथ निर्माण विभाग ने भारत माला श्रृंखला के तहत औरंगाबाद दरभंगा सड़क के एलायनमेंट पर काम शुरू कर दिया है इस सड़क की खासियत यह है कि इसका पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा ग्रीन फिल्ड है यह सड़क कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ रही है पूर्व मध्य रेल ने पटना से हजारीबाग होते हुए रांची के लिए आज से साप्ताहिक वातानुकूलित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है यह ट्रेन जहानाबाद गया कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना मुरी के रास्ते रांची पटना के बीच चलेगी यह ट्रेन आठ से उनतीस दिसम्बर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से जबकि नौ से तीस दिसम्बर तक प्रत्येक रविवार को पटना से खुलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में तीन द्वितीय वातानुकूलित और तृतीय वातानुकूलित के दस कोच लगाये गये हैं इधर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रघुनाथपुर और बक्सर के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन आगामी अठाईस फरवरी तक करने का निर्णय लिया है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग तथा बिहार राज्य पर्यटन विभाग की ओर से पश्चिमी चम्पारण के वाल्मिकी टाईगर रिजर्व के भ्रमण योजना की शुरूआत हो रही है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पर्यटक आठाईस सौ रुपये में वाल्मिकी रिजर्व का आनंदमय भ्रमण कर सकते हैं इस पैकेज में पर्यटकों के लिए सफारी से भ्रमण गंडक नदी में नौकायन हाथी शेड का भ्रमण कौलेश्वर झूला से कैनोपी चौक का भ्रमण जंगल ट्रेकिंग और थारू उरॉव सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है पन्द्रह दिसम्बर से ईको टूरिज्म की शुरूआत हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भागलपुर के पिरपैंती और लखीसराय के कजरा में थर्मल पावर प्लांट नहीं बल्कि सोलर प्लांट लगाया जायेगा बांका के सोनारी गांव में सोलर प्लेट का निरीक्षण करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जायेगा साथ ही अन्य जिलों में भी सोलर प्लांट लगाये जायेंगे बिजली कंपनी ने प्रदेश में तीन माह के भीतर बिजली के जर्जर तारों को बदलने के लिए मिशन मोड में काम शुरू दिया है अगले तीन महीने के भीतर प्रदेश के चालीस फीसदी जर्जर तार बदले जायेंगे इस लक्ष्य के तहत तीस हजार सर्किट कीमी तार बदले जायेंगे दो हजार उन्नीस तक प्रदेश के सभी जर्जर तारों को बदले के लिए कंपनी ने लक्ष्य तय किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश में ऑनलाइन दवा बेचने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा केन्द्र सरकार ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों के लिए इस माह के अंत तक यह नियम जारी कर देगी डीजीसीआई के अधिकारी ईश्वर रेड़डी ने बताया कि ई फॉर्मेसी के कारोबार के लिए सेंटर लाईसेंसिंग ऑर्थिरिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके लिए केन्द्र सरकार के पोर्टल पर फार्म अठारह एए के जरिये आवेदन करने होगा राज्य में संविदा पर बहाल आयुष चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों के मनदेय में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मानेदय में व्रद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है आदेश के तहत आय्रष चिकित्सकों को चौवालीस हजार आयूष महाविद्यालयों में नियोजित व्याख्याताओं को पचहत्तर हजार और महाविद्यालयों में नियोजित रीडर को छियासी हजार जबकि आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों में नियोजित प्राध्यापक को एक लाख बत्तीस हजार पांच सौ रूपये मानदेय मिलेगा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है परिवहन विभाग ने सड़क दूर्घटनाओं में घायल होने वाले दो पहिया वाहन चालकों की संख्या में हो वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसे सख्ती से लागू करने के लिए विभाग ने सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को प्रखंड स्तर पर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट के प्रवेश पर भी रोक होगी पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ रहा है राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आद्रता अठासी प्रतिशत तक पहुंच गयी है पटना और इसके आसपास के इलाकों में धूंध और कोहरा छाया हुआ है पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि आठ दशमलव सात डिग्री के साथ गया सबसे ठंडा शहर रहा मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी हो रही है जिसके प्रभाव से अगले छत्तीस घंटों में मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और अरूणाचल प्रदेश के बीच खेले जा रहे रणजी ट्राफी क्रिकेट मुकाबले का आज तीसरा दिन है अरूणाचल प्रदेश को पारी की हार से बचने के लिए तीन सौ चौवन रनों की जरूरत है जबकि उसके पास नौ विकेट शेष है विशाखापटनम में आयोजित प्रो कबड्डी लीग में पटना पाईरेट्स ने पुनेरी पलटन को एकतरफा मुकाबले में तिरेपन छब्बीस से पराजित किया पटना टीम इक्यावन अंक लेकर दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली में कल से चौदह दिसम्बर तक आयोजित होने वाली पचहत्तरवीं सिनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में भाग लेने वाली बिहार टीम की घोषणा कर दी है औरंगाबाद में खेली जा रही अंडर नाईंटिन क्रिकेट टूर्नामेंट में पटना की टीम ने भागलपुर को पांच विकेट से पराजित किया

हिन्दुस्तान लिखता है रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा एनडीए की बैठक में दस दिसम्बर को लेंगे भाग दैनिक जागरण ने पचहत्तर वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है विकास की दी नई पंचधारा पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई व सुनवाई इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जारी किया डाक टिकट दैनिक भास्कर का शीर्षक है आज से महज सौ रूपये में पैत्रक जमीन का बंटवारा एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग बेन की अधिसूचना जारी प्रभात खबर की सुर्खी है वाहन चालन दक्षता परीक्षा पांच जनवरी से राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है सौर ऊर्जा को दिया जायेगा बढ़ावा अखबार आज की सुर्खी है देश भर में शिक्षक पात्रता परीक्षा कल